म्ख्यमंत्री निर्वाचन आय्कत स्नील अरोड़ा ने फिर से मतपत्र के जरिये मतदान कराने की संभावना से इन्कार किया है आम च्नाव को लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ दो दिन के विचार विमर्श के बाद कोलकता में पत्रकारों से बातचीत में श्री अरोड़ा ने कहा कि हमारे देश मे इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग लगभग दो दशक से हो रहा है श्री अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि च्नाव आयोग की नीति जारी रहेगी और आयोग वापिस मतपत्र के जरिये मतदान कराने की प्रक्रिया नहीं दोहरायेंगा पश्चिम बंगाल में च्नाव अधिकारी विशेष सामान्य और प्लिस पर्यवेक्षक तैनात करने के राजनैतिक दलों के अन्रोध पर श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग ने सभी स्झावों को नोट कर लिया है उन्होंने कहा कि च्नाव डयूटी पर बद नीयत से काम करने वाले और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ी कारवाही की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट किसानों और कामगार वर्गो के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है

श्री मोदी ने पश्चिमी बंगाल में एक जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजनैतिक पार्टियां किसानों के ऋण माफ करने के झुठे दावे कर रही है

उदयोग और व्यापार प्रम्खों ने केन्द्रीय बजट का विकासमूलक बताते हये इसका स्वागत किया है और कहा है कि इसमें किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खास तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है भारतीय उदयोग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा है कि देश में छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतें बड़ा साकारत्मक कदम है उन्होंने कहा कि बजट में करों में छूट से कारपोरेट क्षेत्र को मदद मिलेगी और उपभोग बढ़ेगा भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया है नाबार्ड के अध्यक्ष एच के भानवाला ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो घोषणायें की गई है उससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और वे सहायता राशि का उपयोग बीज उर्वरक औ खेती सम्बधी उपकरण खरीदने में कर सकेंगे अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कलन्तरी ने कहा कि सरकार द्वारा उठाये गये आयकर और स्त्रोत पर कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से ही रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेज़ी आयेगी केन्द्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने बजट में समाज के सभी वर्गो का विकास का ध्यान रखा है उन्होंने कहा िक सरकार मध्यम वर्गीय लोगों का आदर करती है और ये चाहती है कि उनके परिवारिक बजट भी नियंत्रण में रहें वितमंत्री ने बताया कि नोटबंदी और कालेधन विरोधी अभियान से कर वसूली बढ़ गई है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा की ओर से राज्य स्तर पर शिक्षा विकास कार्यशाला का आयोजन जिला रोहतक के सर छोट् राम धर्मशाला में किया गया

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पानीपत में जीटी रोड पर चार एकड़ में मराठों की वीरता का इतिहास लाईट एंड साउंड के माध्यम से दर्शाने के लिए एक विशेष स्मारक विकसित करने की घोषणा की

महाराष्ट्र के म्ख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडऩवीस ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र का माटी और खून का रिश्ता है यहां महाराष्ट्र के एक लाख से अधिक वीर मराठाओं ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में देश को आक्रांताओं से मुक्ति के लिए अपना खून बहाया था आज लाखों मराठा हरियाणा की धरती को अपनी मातृभूमि बनाकर यहां रह रहे हैं

उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्राचीन संस्कृति की पहचान सरस्वती को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने सरस्वती हैरिटेज बोर्ड का गठन किया है और आदीबद्री को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है

पलवल नैशनल हाइवे वे पर गांव बहरोला के निकट आज तेज़ रफ्तार एक कार ने आटो को सामने से टक्कर मार दी आटो चालक सहित सात सवारियां घायल हो गई

बाकी घायलों का उपचार चल रहा है प्लिस ने कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवारजनों के हवाले कर दिया है हिसार की गुरू जम्भेश्वर विश्वविदयालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनक्युबेशन सैंटर की स्थापना की जाएगी